प्रदेश में मौसम की दुश्वारियां बरकरार जनजातीय क्षेत्रों में रूक रूक कर बर्फबारी जारी लाहौल में हिमस्खलन की चपेट में आने से एक की मौत

ये खिचड़ी मकर सक्रांति के मौके पर विभाग द्वारा एक ही बर्तन में बनाई गई

पर्यटन विभाग द्वारा ये रिकॉर्ड बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने तत्तापानी महोत्सव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए की उन्होंने मकर सकांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि राज्य की समृद्ध संस्कृति को संजोए रखना हम सभी का कर्तव्य है उन्होंने कहा कि तत्तापानी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में जलकीड़ा की अपार संभावना है इससे पूर्व तत्तापानी पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया मुख्यमंत्री ने बाद में सरौर खड्ड से चुराग के लिए बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास भी किया मुख्यमंत्री ने देर सांय तत्तापानी पर्यटन उत्सव का शुभारंभ किया और सतलुज आरती में भी हिस्सा लिया

मकर सक्रांति इस बीच मकर सकांति का त्यौहार आज प्रदेशभर में धूमधाम से मनाया गया इसे देवी देवताओं का प्रकाश पर्व भी माना जाता है इस मौके पर धार्मिक सरोवरों में लोगों ने बड़ी संख्या में डुबकी लगाई और तुलादान सहित अन्य दान भी किए शिमला के समीप तत्तापानी बिलासपुर के मारकंडा मंडी के रिवाल्सर कुल्लू के वशिष्ठ और मणिकर्ण तथा अन्य पवित्र सरोवरों व नदियों में श्रद्वालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन शिमला में पारंपरिक तौर पर तिल व गुड़ बांटकर मकर सकांति का पर्व मनाया कुल्लू में मकर सकांति के मौके पर भगवान रघुनाथ मंदिर में खिचड़ी का त्यौहार मनाया गया इस दौरान भगवान रघुनाथ को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाकर उसे श्रद्वालुओं में बांटा गया आज से ही सूर्य का उत्तरायण भी आरंभ हो गया है इसीलिए लोहड़ी को गर्मियों की शुरूआत भी माना जाता है

मान्यता है कि इस दौरान घाटी के सभी देवी देवता स्वर्गलोक के प्रवास पर चले जाते हैं और बैसाखी के दिन लौटते हैं उधर चंबा ज़िला की पांगी घाटी में भी मान्यताओं के मुताबिक माता मलासनी को छोड़कर आज से अन्य सभी देवता स्वर्गलोक के प्रवास पर चले गए हैं गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि सरकार तथा लोगों की सहभागिता से प्रदेश में वनों के क्षेत्र में बढ़ौतरी हुई है जो प्रदेश के लिए खुशी की बात है गोविंद ठाकुर आज कांगड़ा के नूरपुर क्षेत्र के सदवां और टटल वन क्षेत्रों का दौरा करने के मौके पर बोल रहे थे इस दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक्सपैरिमेंटल सिल्वीकल्वर फैलिंग फॉरेस्ट कमेटी के अध्यक्ष वीपीमोहन और सदस्य डीआरभारद्वाज भी उनके साथ थे

गोविंद ठाकुर ने बाद में पठानकोट के सुजानपुर में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर आयोजित एक जागरूकता रैली को भी संबोधित किया परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि समाज के हर वर्ग का विकास और उन्नति सरकार की प्राथमिकता है और खासकर कमजोर वर्गो के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है विपिन परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नौरा के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण तथा उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चलाई गई हैं विपिन परमार ने शिक्षकों का आहवान किया कि वे छात्रों की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें उन्होंने इस मौके पर स्कूल के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत भी किया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि शिक्षा और खेल विद्यार्थी के चहुंमुखी विकास के लिए आवश्यक है इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कर अपने परिवार व क्षेत्र का नाम ऊंचा करने का भी आहवान किया

बिंदल ने कहा कि देवनी में ट्रासफार्मर की क्षमता बढ़ाने के बाद यहां बिजली की कम वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया है उन्होंने इस मौके पर स्कूल द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हो रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोज़गारी भर्ती घोटाला और अवैध खनन माफिया जैसे मुददे ही प्रदेश सरकार को अगले चुनावों में सत्ता से बेदखल कर देंगे अग्निहोत्री आज गगरेट के भजाल में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोज़गारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के पा न तो कोई नीति है और न ही रणनीति ऐसे में प्रदेश का युवा वर्ग सरकार से अत्यधिक खफा है उन्होंने ये भी कहा कि पटवारी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपना प्रदेश सरकार पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य का पूर्ण विकास संभव हो पाता है

उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का उनका सपना तभी पूरा होगा जब इस क्षेत्र से एक भी विद्यार्थी आर्थिक अभावों में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा उन्होंने इस मौके पर स्कूल के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया मौसम प्रदेश में मौसम की दुश्वारियां जारी है

चंद्रभागा नदी पर बीते रोज़ डिमरू नाला में हुए हिमस्खलन से नदी का बहाव अभी भी रूका हुआ है ऐसे में ज़िला प्रशासन ने लोगों को थिरोट पुल से निचले इलाकों में नदी पार करते समय एहतियात बरतने की सलाह दी है एसडीएम केलंग अमर नेगी ने हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने नवांग छेपेलकी की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है

घटना के समय ये लोग भूस्खलन स्थल को पार कर रहे थे तभी पहाड़ से आए मलबे में दब गए उधर किन्नौर जिला में पांगी नाला जंगी नाला भगत नाला और टिक्कू नाला में ग्लेशियर आने से यातायात पूरी तरह बाधित है भारी बर्फबारी के मद्देनज़र ज़िला प्रशासन ने सांगला और रिकांगपिओ में क्यूआर टी को अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा है कि ज़िले में मौसम साफ होते ही जनजीवन को पटरी पर लाने का काम आरंभ कर दिया जाएगा मंडी मनाली मार्ग पर आज दोपहर यातायात फिर से बहाल कर दिया गया है

विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में अन्य अधिकांश स्थानों पर भी व्यापक वर्षा हुई